सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक सभी को आवास देने के लिए कृतसंकल्प केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल चार दिवसीय वर्चअल कालीन मेले का किया उदघाटन भदोही मिर्जाप्र और वाराणसी के कालीन निर्यातकों को मिलेंगे नये अवसर

वे उद्योग जगत के चार सौ से अधिक दिग्गजों के सत्र में चौथी औद्योगिक क्रांति मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर भाषण देंगे श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे श्री मोदी आज ही दिल्ली में करियप्पा ग्राउण्ड पर एनसीसी की रैली को भी संबोधित करेंगे इस अवसर पर रक्षा मंत्री प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के चालिस लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराए हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेईस लाख से अधिक और शहरी क्षेत्रों में लगभग सत्रह लाख लोगों को आवास दिए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष दो हजार बाईस तक सभी को आवास देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए कृतसंकल्प है मुख्यमंत्री कल गोरखप्र में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तीन लाख बयालीस हजार से अधिक लामार्थियों को दो हजार चार सौ नौ करोड़ रूपये की धनराशि ऑनलाइन अंतरित करने के बाद संबोधित कर रहे थे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पांच जिलों वाराणसी मधुरा गाजियाबाद अयोध्या और सहारनपुर के तामार्थियों के साथ वीडियो कॉन्छेंस के जरिये बातचीत भी की उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकॉस योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में राज्य को पूरे देव में प्रथम स्थान प्राप्त हथा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्राल नेतृत्व में हर गरीब का जन्यन खाता खोला गया इसी का परिणाम है कि आज एक बटन दबाते ही योजनाओं की धनराशि सीर्ष लामार्थियों के खातों में पहुंच जाती है इससे पहले मुख्यमंत्री कल चौरी चौरा शहीद स्थल भी गए जहां उन्होंने चौरा चौरा शताब्दी समारोह के सम्बंध में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चार फरवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम को भव्यता के साथ मनाया जाए उन्होंने चौरी चौरा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्य करने को कहा मुख्यमंत्री ने चौरी चौरी रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव मेजने का भी निर्देश दिया आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला प्रदेश के उप मृख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों का विकास कार्य कराया जा रहा है श्री मौर्य ने कल कौशाम्बी में ग्रामीण क्षेत्रों से मुख्य मार्गो को जोड़ने के लिये एक सौ एक मार्गो का शिलान्यास और लोकार्पण किया इन मार्गो के निर्माण पर छह सौ पच्चीस करोड़ इकतीस लाख रूपये खर्च किये जायेंगे इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रदेश से भ्रष्टाचार और अपराध को खत्म करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकतीस जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं लोग टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल मी दे सकते हैं और कल अट्ठाईस जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एस एम एस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित चार दिवसीय वर्चअल कालीन मेले का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इस तीसरे वर्चुअल कालीन मेले में दो सौ कालीन निर्माता और निर्यातक भाग ले रहे हैं और तीन सौ से अधिक आयातक हिस्सा लेंगे

मेले में भदोही मिर्जापुर वाराणसी के कालीन निर्यातक शामिल हो रहे है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सही सुचनाओं के प्रचार प्रसार और अफवाहों को दूर करने के लिए विभिन्न पक्षों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन के संचालन मंडल को एक सौ अड़तालिसवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ हर्षवर्धन ने महामारी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बावजूद दुनिया में हुई जबरदस्त प्रगति को उत्साहजनक बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने को वैक्सीन सुविधा के माध्यम से महामारी के टीके जल्द और समानता के आधार पर समी देशों को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया है प्रदेश में आज और कल स्वास्थ्यकर्मियों का कोविड नाइन्टीन टीकाकरण किया जायेगा प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण की प्रक्रिया को समयबद्व तरीके से पूरा किया जाये उन्होंने बताया कि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार टीकाकरण किया जायेगा

गणतंत्र दिवस पर बिना अनुमति ट्रैक्टर ट्राली निकाल कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने और पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता हेमराज वर्मा सहित एक दर्जन लोगों को नामजद करते हुए पीलीमीत के गजरौला थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है इसके साथ ही उनके करीब तीस से अधिक साथियों को भी आरोपी बनाया गया है

इस मेल में संबंधित व्यक्ति से यह राशि प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत और बैंक का विवरण मांगा गया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि आर बी आई कमी भी किसी व्यक्ति से निजी सूचना मांगने के लिए सम्पर्क नहीं करता सरकार ने उस मैसेज को भी फर्जी बताया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह तीन हजार आठ सौ रुपये का भत्ता दे रही है पीआईबी ने कहा है कि यह सूचना फर्जी है और केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है